राज्य निर्वाचन आयोग के आयक्त पी एस मेहरा ने बताया कि परी चनाव प्रकिया पर पर्यवेक्षकों की नजर रहेगी मतदान सम्पन्न होने के बाद आज ही मतगणना की जायेगी विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने मतदान शांतिपूर्वक जारी रहने के समाचार दिये है

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया खाडी देश और बडी संख्या में अन्य एशियाई देश भी इसके दायरे में आयेंगे

देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता कार्यकम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे राज्य के सूरतगढ के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अंजलि ने कहा कि परीक्षा पर ं चर्चा एक अदभत पहल है और वह प्रधानमंत्री के साथ अपना अनुभव साझा करने को लेकर बेहद उत्साहित है शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने विद्यार्थियों से स्वयं से प्रतिस्पर्धा रखने और अपने आप को जानने को कहा है

उन्होंने प्रदेश के बच्चों को अपनी रुचि बनाये रखते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का आहवान किया और कहा कि वे शिक्षण का उपयोग देश और समाज की भलाई के लिए करे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से दो विशेष डिजिटल प्रचार वाहन विभिन्न जिलों में जल संरक्षण अभियान का प्रचार प्रसार करेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र आज राजभवन से इन विशेष वाहनों जल योद्दा प्रचार वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस अवसर पर राज्यपाल जल संरक्षण की थीम पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर का विमोचन करेंगे